प्रदेश में दमोह उपचुनाव के नतीजे आज

मूल्यांकन नीति घोषित की कोरोना प्रदेश में कल चौदह हजार से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं और सकिय मामलों की संख्या एक लाख से नीचे अठासी हजार पर आ गई है प्रदेश में कल एक लाख तेईस हजार नये मामले सामने आये इंदौर में एक हजार आठ सौ बत्तीस सर्वाधिक मामले सामने आये

धार में ढाई सौ मरीज ठीक हुए वहीं जिले में दो सौ तैतीस नये केस मिले

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में कहा कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान सकिय प्रकरणों में दो हजार से ज्यादा की कमी आई हैं इसके अलावा पॉजिटिविटी दर भी बीस दशमलव तीन हो गई है बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कोरोना चरम पर पहुंच गया है और मामले कम होने की संभावना हैं

विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ संक्रमण की दर अधिक है वहाँ प्राथमिकता से सर्वे टीम पहुँच कर संभावित मरीजों की पहचान कर रही है मतगणना पश्चिम बंगाल असम केरल तमिलनाडु और केन्द्रशासित प्रदेश पूडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज होगी मतगणना आज सुबह आठ बजे से शुरू होगी

मतदान के रूझान और परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के ताजा रूझान और परिणाम कुछ मिनटों के अंतराल पर मिलते रहेंगे वोटर हेल्येलाइन मोबाइल ऐप के माध्यंम से भी रूझान और परिणाम देखे जा सकेते हैं निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए मतगणना केन्द्रों पर कोविड के कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं निर्वाचन आयोग ने विजय जुलूसों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है जन आंदोलन सदर अंजुमन कमेटी छतरपुर के हाजी शहजाद अली ने कोरोना आपदा से निपटने के लिए लोगों से अपील की है

कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है

प्रदेश में वैक्सीन की उपलब्यता के साथ अभियान को शुरू कर दिया जाएगा

सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने दसवी बोर्ड की परीक्षा के लिए अंक देने की नीति घोषित कर दी है इसके अनुसार प्रत्येक विषय के क्ल सौ अंकों में से बीस नंबर आंतरिक मूल्यांकन और अस्सी नंबर सत्र के दौरान कराये गये विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर दिये जायेंगे मण्डल ने स्कूलों को परिणाम तैयार करने के लिए आठ सदस्यीय टीम बनाने को कहा है जिसमें दो शिक्षक आसपास के स्कूल से लिए जायेंगे

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को चार विकेट से हरा दिया

आज नई दिल्ली में राजस्थान रायल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा यह मैच दिन में साढे तीन बजे से शुरू होगा दूसरा मैच अहमदाबाद में शाम साढे सात बजे से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा